उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित सभी पहलूओं पर जनवरी में विचार किया जायेगा मुख्य न्यायाधीश एसए बोब्डे न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के अधिवक्ताओं की अर्जी पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि इस मामले में यथा स्थिति बनाये रखने के उसके पूर्व के आदेश से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कर्मचारियों की प्रोन्नति में रूकावट आ रही है पीठ ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर अठाईस जनवरी को सुनवाई करेगा लोकसभा ने सभी दलों के समर्थन से एक सौ छब्बीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया विधेयक पर हुए मत विभाजन में सदन में उपस्थित सभी तीन सौ पचपन सदस्यों ने इसका समर्थन किया संशोधन विधेयक में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है इसे दस वर्ष और बढ़ाकर पच्चीस जनवरी दो हजार तीस तक करने का प्रस्ताव है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्तार एक उचित कदम है बाइट मुझे लगता है कि पूरा सदन सर्वानुमति से इसको पारित करेगा सर हम सबोका कमिटमेंट होना चाहिए सर वो हमारे बंधु हैं हमारे भाई हैं हमारी बहनें हैं हमारे परिवार हैं अगर ऐतिहासिक कारणों से उनको इन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ तो इस देश का नैतिक कर्तव्य है और इस सदन का वैधानिक कर्तव्य है कि हम इसको आगे बढ़ाए इस दृष्टिकोण से लेकर मैं इस बिल को आपके सामना आया है पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए उप राष्ट्रपति कार्यालय ने बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा है पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मदद का आश्वासन दिया था विश्वविद्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जायेगा नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा लोकसभा इस विधेयक को बारह घंटे की लंबी बहस के बाद पहले ही पारित कर चुकी है राज्य में पैक्स चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है मतदान अपराह्न तीन बजे तक होगा लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान दोपहर दो बजे तक ही किया जा सकेगा हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतार देखी जा रही है पैक्स चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है जहां कोई भी प्रत्याशी या मतदाता अपनी शिकायत दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच एक एक आठ पर दर्ज करा सकते हैं वैशाली जिले के हाजीपूर के एक निजी फाइनास कम्पनी से पचपन किलो सोना लूट मामले में पुलिस ने चार किलो और सोना बरामद किया है ये बरामदगी जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र से हुई है पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि एक अपराधी धर्मेन्द्र सहनी के घर से एक किलो जबकि धर्मेन्द्र राय के घर से तीन किलो सोना बरामद किया गया है उन्होंने बताया कि धर्मेन्द्र सहनी को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है इससे पहले पुलिस ने इस मामले में पटना जिले के बख्यिारपुर में छापेमारी कर दस किलो सोने के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया था राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में कम दबाव का सिस्टम बन रहा है जिसके कारण पटना समेत पूरे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले दो तीन दिनों में हल्की बारिश होने की सम्भावना है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज से सोलह दिसम्बर के बीच न्यूनतम तापमान तेरह से सोलह डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा कम दबाव का सिस्टम समाप्त होने पर प्रदेश में तापमान में और गिरावट आयेगी शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के पैंसठ करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं योजना के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को पच्चीस पच्चीस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी इस योजना के लिए छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहे हैं दिल्ली की एक अनाज मंडी में हुये भीषण अग्निकांड के मृतकों का शव उनके पैतृक गांव पहुंचाया जा रहा है साथ ही मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से दो दो लाख रूपये के अनुग्रह अनुदान का चेक भी दिया जा रहा है आयकर और कस्टम विभाग की विशेष टीम ने गया हवाई अड़डे पर थाईलैंड की एक महिला को विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार महिला के पास से तीन लाख रूपये की भारतीय मुद्रा और बीस हजार से अधिक अमेरिकी डॉलर बरामद किये गये हैं कुख्यात अपराधी विकास सिंह की दिल्ली की एक अदालत ने पेशी के दौरान फरारी के मामले में पटना पुलिस के एक दारोगा सहित छह पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिला आज अपना अड़तालीसवां स्थापना दिवस मना रहा है दो दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन नगर विकास सह आवास विभाग मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे सीतामढ़ी में आयोजित छियालीसवीं बिहार राज्य जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में मेजबान सीतामढ़ी की टीम ने पटना को छब्बीस तेईस से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया इस प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की गायत्री को बेस्ट रेडर से प्रस्कृत किया गया जबकि बेस्ट कैचर का प्रस्कार पटना की रीता कुमारी को प्रदान किया गया पटना के मोईनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में दूसरी पारी में बिहार के चार विकेट इकसठ रन पर गिर चुके हैं और पहली पारी के आधार पर बिहार पुड़ुचेरी से अभी छियासठ रन पीछे हैं काठमांडू में आयोजित तेरहवीं साउथ एशियन गेम्स में बिहार के रंजीत कुमार ने ताईक्वांडो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुये रजत पदक जीता है बांका में खेली जा रही बिहार राज्य मोईनुल हक फुटबॉल चैंपियनशिप में खगड़िया सीतामढ़ी औरंगाबाद और सहरसा ने अपने अपने मैच जीत कर दूसरे चक्र में प्रवेश किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने राज्य कैबिनेट की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है आईजीआईएमएस परिसर में पांच सौ तेरह करोड़ की लागत से बनेगा नया अस्पताल भवन बीस प्रस्तावों पर मंजूरी दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल होगा पेश प्रभात खबर लिखता है बिहार की शराबबंदी नीति का अध्ययन करेगी राजस्थान सरकार दैनिक जागरण ने लिखा है लोकसभा में एससी एसटी जनप्रतिनिधि आरक्षण को मंजूरी दैनिक आज की सुर्खी है सीएम की जल जीवन हरियाली यात्रा का दूसरा चरण कल दरभंगा समस्तीपुर और मधुबनी में लेंगे भाग